राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने लॉकडाउन की अवधि इकतीस मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेगी हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकत उंडान संचालन जैसे की बंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे श्रमिक स्पेशल अन्य विशेष ट्रेन पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाए भी अभी स्थगित रहेंगी मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू नहीं किया गया है स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे सिनेमा हॉल शॉपिंग माल मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे समी समा स्थल भी देशभर में प्रतिबंधित रहेंगे संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक समाओं की अनुमति नहीं दी गई है आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ़यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी के लिए इकतीस मई तक लागू रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कोरोना वायरस प्रंबधन के राष्ट्रीय निर्देशों को भी शामिल किया गया है जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इनमें मास्क पहनना अनिवार्य है थ्रकने पर जूर्माना लगाने के साथ ही सभी लोगों के लिये सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है वहीं गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है इधर छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी रेस्टोरेंट होटल बार और सभी क्लब को आगामी इकतीस मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है कोरोना केन्द्र निर्देश केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकतीं केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आंकलन के आधार पर कृष्ठेक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए श्री भल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गये हैं कोरोना कैबिनेट सचिव बैठक केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें बीती रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में उन्होंने राज्य सरकारों से यह आग्रह भी किया कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरो की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि जो मजदूर पैदल चलते पाये जाएं उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए

इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढकर तिरानवे हो गई है इनमें से बालोद में नौ बलौदाबाजार और जांजगीर में छह छह कवर्घा में दो और सरगुजा सूरजपुर तथा गरियाबंद जिले में एक एक मरीज पाए गए हैं

जो हाल ही में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं और इन्हें क्वारेंटाइन में रखा गया था प्रदेश में कोरोना के उनसठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल कोरोना संक्रमित चौंतीस मरीजों का इलाज चल रहा है जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जनक पाठक ने बताया कि कल रविवार को कोरोना के छह नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इन श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था वहीं जांच के दौरान इन मामलों की पुष्टि हुई सभी मरीजों को इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है जिन इलाकों से यह मामला सामने आया है उस क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है इसी तरह सरगुजा जिले में भी कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है अंबिकापुर मोमिनपुरा इलाके में एक पचपन वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है यह महिला पिछले दिनों अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से लौटी थी यह महिला मरीज लक्षणरहित है प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर इस महिला के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है उधर दूर्ग के धमधा क्षेत्र में तीन प्रवासी मजदूर कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं वहीं झारखंड का एक प्रवासी मजदूर मृत पाया गया था एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मृतक के शव के भी कोरोना जांच कराई थी जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर स्थित गुजियाबोड़ क्वारेंटाइन सेंटर में भी रैपिड टेस्ट में एक प्रवासी मजदूर कोरोना संदिग्ध पाया गया है कोरोना आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रदेश में पिछले एक दो दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकटठा करने को कहा है मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की उन्होंने घर घर जाकर रेडी द ईट सामग्री और सुखा अनाज वितरित करने तथा कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए और कोरोना के संदिग्ध मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ऐसे लोगों की जांच कराई जाए कोरोना स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों के कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज कोरोना वायरस की राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की समीक्षा बैठक में बिलासपुर अंबिकापुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जांच संबंधी प्रयोगशला बनाने के काम में तेजी लाने को कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण पर प्रमावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में निगरानी के लिए पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश दिए

इन मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजनादगांव जिले के बागनदी बार्डर और कबीरधाम जिले के सीमावर्ती चेकपोस्ट पर श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है जैसी कि खबर दी जा चुकी है महाराष्ट्र गूजरात तेलंगाना आंध्रप्रदेश मध्यप्रदेश झारखंड बिहार ओडिशा उत्तरप्रदेश राजस्थान और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से होकर गूजर रहे हैं इसे देखते हुए राजनांदगांव के बागनदी बार्डर और कबीरधाम के सीमावर्ती क्षेत्र में श्रमिकों की मदद के लिए सहायता काउंटर बनाए गए हैं जहां विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रमिकों को उनके गांव तक जाने वाले वाहनों के बारे में जानकारी दी जा रही है साथ ही इन चेकपोस्टों पर मजदूरों के लिए सूखे नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है मिली जानकारी के अनुसार अब तक अंतर्राज्यीय सीमाओं से दो लाख से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ होते हुए अपने गृह राज्य जाने के लिए प्रवेश कर चुके हैं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बागनदी चेकपोस्ट का अवलोकन कर स्थिति का जायजा लिया यहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत भी की डॉक्टर सिंह के साथ सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद थे राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व्यवस्था और परिस्थिति को संमालने में विफल है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरो की सकृशल वापसी के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है

जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि इन सभी बसों को सैनिटाईज किया जा रहा है साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है वहीं महासमुंद जिले के तुमगांव के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य श्रमिक किसी तरह बच गए मिली जानकारी के मुताबिक ये मजदूर महाराष्ट्र से ओडिशा के कालाहांडी जा रहे थे इस दौरान तुमगांव के पास सड़क पार करने के दौरान ये मजदूर हादसे का शिकार हो गए

ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन जम्म से बिलासपुर और चांपा तक चलेगी पहली ट्रेन बीस या इक्कीस मई को यहां पहंचने की संभावना है इसी तरह दूसरी ट्रेन बाईस या तेईस मई को आएगी जम्मू कश्मीर में फंसे श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी इस पर जम्मू कश्मीर शासन से अनुमति के बाद दो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी दी गई है इस बीच तेलंगाना के बोलाराम से करीब पांच सौ मजदूरो को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रायपुर पहुंची इन समी श्रमिकों की स्टेशन पर ही स्वास्थ्य जांच करके उन्हें विशेष बसों से जिलों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं दूर्ग जिला प्रशासन ने भिलाई के पांच कंटेन्मेंट जोन को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया है बीते चौदह दिनों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आने की वजह से यह निर्णय लिया गया है अब यहां सभी गतिविधियां नियमानुसार सामान्य रूप से संचालित होंगी वहीं जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि कोरोना संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की सचना प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए इधर मुंगेली जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने क्वारेंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरो के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं जिले में अब तक दूसरे राज्यों से पंद्रह हजार मजदूर आ चुके हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकतीस मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम की यह चौंसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं

ये परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच होंगी सीबीएसई की ओर से परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सेनिटाइजर साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा के दौरान उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की चौदहवीं कड़ी कल सुबह साढ़े देस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढे दस बजे एक साथ रिले करेंगे मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है इस बीच चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव आया है महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में बीती रात से ही अंधड़ के साथ तेज हवाए चल रही हैं इसके चलते कलेंडा गांव में कल सैकडों पेड गिर गए और कई घरों के छप्पर भी उड गए सरायपाली क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है कलेंडा के अलावा छिब्रा अतरला और तोस गांव में भी किसानों को काफी नुकसान होने की खबर मिली है इसी तरह रायपुर और राजनांदगांव जिले में भी आज दोपहर बाद आसमान में बादल धिर आए इसके बाद तेज बारिश हई वहीं गरियाबंद में भी चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से तेज हवाए चलने और जोरदार बारिश होने के समाचार मिले हैं कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और बिजली व्यवस्था बाधित हुई है इसी तरह कवर्धा और मुंगेली जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं

रेलवे के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पार्सल एक्सप्रेस और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को परिवर्तित मार्गो से चलाया जा रहा है बीस मई को बंगलोर हावड़ा और कल तथा इक्कीस मई को हावड़ा बंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया गया है इसी तरह बीस मई को सिकंदराबाद हावड़ा और वासकोडिगामा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली ट्रेन भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी संक्षिप्त समाचार आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत चिंताजनक बनी हुई है राजनांदगांव जिले के ठाकूरबांधा गेंदाटोला की महिला समूह को लोन का झांसा देकर एक महिला ने उनके खाते से तीन लाख तीन हजार रूपये की राशि निकाल ली बालोद जिले के परसवानी गांव स्थित क्वारेंटाईन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है यह युवक सूरत से आया था पूलिस मामले की जांच कर रही है जगदलपुर स्थित नगरनार में एनएमडीसी के निर्माणाधीन स्टील संयंत्र में आज सुबह आग लग गई